बैतूल में अवसाद के कारण आत्महत्या करने वाले लोगों की मदद के लिये पुलिस ने शुरू की आसपास हेल्पलाइन सेवा

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में आयोजित समारोह में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी आज कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ लेने वाले नेताओं में गोपाल भार्गव विजय शाह जगदीश देवड़ा बिसाहूलाल सिंह यशोधराराजे सिंधिया भूपेंद्र सिंह ऐंदल सिंह कंषाना ब्रजेंद्र प्रताप सिंह विश्वास सारंग इमरती देवी प्रभुराम चौधरी महेंद्र सिंह सिसोदिया प्रद्यम्न सिंह तोमर प्रेम सिंह पटेल ओमप्रकाश सकलेचा उषा ठाकुर अरविंद भदौरिया मोहन यादव हरदीप सिंह डंग और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव शामिल हैं इसके अलावा राज्य मंत्री के रूप में भारत सिंह कृशवाह इंदर सिंह परमार रामखेलावन पटेल रामकिशोर कांवरे बृजेंद्र सिंह यादव गिरीराज डंडोतिया सुरेश धाकड़ और ओपीएस भदौरिया ने शपथ ग्रहण की शपथ ग्रहण समारोह में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर थावर चंद गेहलोत और प्रहलाद पटेल वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीडी शर्मा सहित कई नेता मौजूद थे शपथ ग्रहण के तत्काल बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज नवगठित मंत्रिपरिषद की पहली बैठक मंत्रालय में संपन्न हुयी बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से राज्य की जनता के हित में पूरे परिश्रम से काम करने की अपील की श्री चौहान ने कहा कि मंत्री विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के सुझावों के अनुरूप समन्वय से कार्य करें इस अवसर पर श्री चौहान ने बताया कि प्रत्येक मंगलवार को मंत्रि परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी

सीहोर जिले के आष्टा के एक परिवार के तीन लोग आज कोरोना संक्रमित पाए गए वह हाल ही में एक वैवाहिक समारोह से लौटे थे

राजगढ जिले में एक नये कोरोना मरीज की पहचान हुई है

उधर पूरे प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने कल से किल कोरोना अभियान की शुरूआत की है इसके तहत कोरोना मरीजों के अलावा डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया के मरीजों की पहचान की जाएगी साथ ही लोगों को कोरोना और अन्य रोगों से बचाव के उपायों की जानकारी भी दी जाएगी सिंगरौली जिले में चलाए जा रहे किल कोरोना अभियान के तहत आज कलेक्टर ने कोरोना जागरूकता का संदेश देने वाले वाहन को रवाना किया

फुटपाथ व्यवसाइयों को पोर्टल के माध्यम से पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र मिलेगा नगरीय क्षेत्र के भीतर आवेदक को केवल एक विक्रय स्थल की अनुमति मिलेगी

अगले गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जायेगी

पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे पुरस्कार शामिल हैं पद्म पुरस्कार देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक माना जाता है

इन लोक अदालतों में आपसी रजामंदी और समझौते के आधार पर दीवानी और मोटर वाहन क्लेम बैंकों के चैक बाउंस सहित अन्य मामलों का निराकरण किया जाएगा गुना से हमारे संवाददाता ने बताया कि लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय सहित तहसील न्यायालय चांचौड़ा राधौगढ़ और आरोन में किया जायेगा

राजधानी भोपाल में दिनभर बादल छाये रहे और कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ी लोग उमस भरी गरमी से परेशान रहे

उमरिया में आज मूसलाधार बारिश होने से लोंगो को गर्मी और उमस से राहत मिली नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज बारिश होने से लोगों को गरमी और उमस से राहत मिली

होशंगाबाद जिले में कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज बन्द होने से नए शिक्षा सत्र की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकें उनके घर पर भिजवाई जाएंगी मुरैना जिले में स्वास्थ्य आयुक्त और संभाग आयुक्त ने किल कोरोना अभियान की समीक्षा की